मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कल शिमला में स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ वैश्विक कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बाहर से आने वाले कोविड के पॉजिटिव मामलों में होने वाली वृद्धि के मद्देनजर निर्णय लिया है कि बाहरी प्रदेशों से आने वाले औद्योगिक मजदूरों को संस्थागत या होम क्वारंटीन किया जाएगा इसकी पूरी जिम्मेदारी ठेकेदारों और व्यापारिक संस्थानों के मालिकों की होगी और मजदूरों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही कार्य करने की अनुमति दी जायेगी

ऑनलाइन कक्षाएं केन्द्र सरकार ने कोविड महामारीके बीच विद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रज्ञाता के दिशानिर्देश जारी किये दिशानिर्देशों में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित किया गया है मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा प्रतिदिन तीस मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

इसमें छात्रों के समग्र मानसिक विकास पहलुओं को ध्यान में रखा गया है

इसके मुताबिक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अब मेडिकल कॉलेज आज से बंद रहेंगे इसी प्रकार चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थानों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं आदेशों के अनुसार बसों की अंतरराज्यीय आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी

अमर उजाला की सुर्खी है दूसरे राज्यों से आए श्रमिक सात दिन तक रहेंगे संस्थागत क्वारंटीन पंजाब केसरी के शब्द हैं बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूर होंगे क्वारंटाइन दैनिक भास्कर का शीर्षक है उद्योगों में बाहर से आने वाली लेबर को सात दिन क्वारंटाइन अनिवार्य दैनिक सवेरा टाइम्स ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है उद्योगों में काम के लिए बाहर से आने वाले मजदूर होंगे क्वारंटाइन दिव्य हिमाचल का कहना है हिमाचल में प्रवेश पर फिर सख्ती आने जाने के लिए देने होंगे रेजीडेंस प्रफ डीसी देंगे अनुमति हिमाचल दस्तक के मुताबिक जांचा जाएगा लौटने वालों का एड्रेस प्रूफ